मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस कार्मिकों के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे कठोर कदम उठाने के दिए निर्देश

हंगामे के बीच ही सभापति ने बिल पर चर्चा शुरू कराई इधर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने कश्मीर के मुददे को लेकर लोकसभा में भी आज जबरदस्त हंगामा किया और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बयान देने की मांग की सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य सदन के बीच में आकर हंगामा करने लगे अध्यक्ष ओम बिडला के सदस्यों को शांत रहने और अपने स्थान पर बैठने की अपील करने के बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी रहा इससे पहले आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में उनके आवास पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई बैठक में जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष चर्चा की गई

कश्मीर घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है पुलिस अधिकारियों और जिलाधीशों को सेटलाइट फोन दिए जा रहे हैं एक आदेश के अनुसार श्रीनगर जिले में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है शैक्षिक संस्थानों को बंद करने के आदेश दिये गये है साथ ही जम्मू विश्वविद्यालय बंद रहेगा और आज होने वाली सभी परिक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं कश्मीर घाटी में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों ने सभी विद्यार्थियों से छात्रावास खाली करने को कहा है आदेश में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के पहचानपत्रों को ही उनकी आवाजाही का अनुमतिपत्र माना जाएगा

उन्होंने कहा कि देश और देश हित सर्वोपरि है कल नई दिल्ली में भाजपा सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सांसदों से ऐसी राजनीति करने का अनुरोध किया जिससे आम लोगों का कल्याण हो सके संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से यह भी कहा कि वे ऐसा व्यवहार रखें जो सबका दिल जीत सके

कल जयपुर में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस विभाग की बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस अपनी छवि को बदलते हुए देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनने का लक्ष्य बनायें श्री गहलोत ने कहा कि तकनीक और नए तौर तरीकों को अपनाकर पुलिस अधिकारी अपनी कार्य कुशलता बढ़ाएं मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों से पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के संबंध में सुझाव भी मांगे

सरकार ने इसकी कवायद शुरू कर दी है

उन्होंने कहा कि इसके लिये सिलेबस को कम करते हुए पुस्तकों की साइज छोटी की जायेगी

सूरजपोल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है इधर अजमेर के केंद्रीय कारागृह में मोबाइल फोन सिम कार्ड और चार्जर मिलने के बाद कल सिविल लाइंस थाने में जेल प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज कराई जेल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

गौरतलब है कि रूस के बाद भारत पहली बार इस प्रतियोगिता के पांचवे संस्करण की मेजबानी कर रहा हैं

रेलवे के पूर्व डीआरएम पुनीत चावला ने इसका उद्घाटन करते हुए बताया कि इस सुविधा से लैस यह देश का दो हजार वां रेलवे स्टेशन है